आज आठ बजे से शुरू होने वाली मतगणना के लिए देश भर में बनाये गये मतगणना केंद्रो पर सुरक्षा की सख्त व्यवस्था की गई है

इससे पहले नई सरकार का गठन आवश्यक है

इस प्रक्रिया में चार से पांच घंटे का समय लग सकता है ऐसे में नतीजे आने में देरी होने की संभावना है गिनती पूरी होने के बाद ही वीवीपैट पर्चियों का मिलान किया जायेगा

मतगणना प्रदेश मध्यप्रदेश की उन्तीस लोकसभा सीटों के लिए चार चरणों में हुए मतदान की मतगणना भी आज होगी

वहां मतगणना रातभर चलने के आसार हैं

खंडवा नरसिंहपुर उज्जैन पन्ना सीधी मंडला बड़वानी भिंड और रायसेन सहित सभी जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि वहां भी मतदान की तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं

इस सीट से मुख्यमंत्री कमलनाथ कांग्रेस प्रत्याशी हैं भाजपा ने विवेक बंटी साह को कमलनाथ के खिलाफ मैदान में उतारा है गौरतलब है कि कमलनाथ छिंदवाड़ा से सांसद हैं लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उनका किसी सीट से विधायक चुना जाना जरूरी है छिंदवाड़ा से कांग्रेस विधायक दीपक सक्सेना द्वारा इस्तीफा देने के बाद मुख्यमंत्री ने यहां से चुनाव लड़ा है प्रमुख उम्मीदवार लोकतंत्र के इस महापर्व में वैसे तो सभी लोकसभा क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं फिर भी कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर आज मतगणना के दिन देश की निगाहें लगी रहेंगी इनमें प्रमुख हैं वाराणसी लोकसभा क्षेत्र से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भाजपा प्रत्याशी हैं उत्तरप्रदेश की अमेठी और केरल की वायनाड सीट से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव मैदान में हैं वहीं भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं दिल्ली में पूर्व किकेटर गौतम गंभीर मुक्केबाज विजेंदर सिंह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी शीला दीक्षित जैसे उम्मीद्वार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश की बात की जाए तो भोपाल लोकसभा सीट पर लोगों की निगाहें लगी हुई है यहां से कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह को भाजपा प्रत्याशी प्रज्ञा सिंह ठाकुर टक्कर दे रही हैं मुरैना से केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में हैं उनका मुकाबला कांग्रेस के रामनिवास रावत से है गुना लोकसभा क्षेत्र से ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने भाजपा के केपी यादव हैं जबलपुर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह को कांग्रेस के विवेक तनखा टक्कर दे रहे हैं छिंदवाड़ा से मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नक्लनाथ चुनावी मैदान में हैं इंदौर से इस बार भाजपा ने शंकर लालवानी को टिकट दिया है उधर खंडवा में भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार सिंह चौहान का मुकाबला कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरूण यादव से है

स्ट्रडियो में उपस्थित विशेषज्ञ परिणामों का पूर्ण और सारगर्भित विश्लेषण करेंगे आकाशवाणी भोपाल द्वारा भी परिणामों को लेकर दिनभर चुनाव समाचार बुलेटिन पेश किये जाएंगे

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जिन न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की थी उनमें बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बी आर गवई हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत झारखंड के मुख्य न्यायाधीश अनुरुद्व बोस और गौहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ए एस बोपन्ना शामिल हैं

ऐसा करीब नौ साल बाद हो रहा है एवरेस्ट फतह छिंदवाड़ा जिले के तामिया निवासी भावना डेहरिया ने दुनिया के सबसे उंचे शिखर माउंट एवरेस्ट पर फतह कर ली है यह उपलब्धि हासिल करने वाली भावना मध्य प्रदेश की पहली व देश की सबसे कम उम्र की महिलाओं में शामिल हो गई है

वे कल सुबह एवरेस्ट शिखर पर पहुंची भावना की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री कमलनाथ ने उन्हें बधाई दी है

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंसा की आशंका के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलर्ट किया है

उन्होंने आरोप लगाया कि वे देशवासियों के जनादेश का अपमान कर रहे हैं

कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र के लिए काला दिवस बताया